पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह सत्र छब्बीस मार्च तक चलने वाला था लेकिन सभी शासकीय कार्य संपादित हो जाने के कारण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया सत्र के अंतिम दिन आज विनियोग विधेयक भी पारित कर दिया गया विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सत्र समापन के मौके पर अपने संबोधन में सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में चर्चा के दौरान आरोप प्रत्यारोप गतिरोघ और आक्रोश के गुजरे पलों को भूलकर सदन को इन परिस्थितियों से बचाने का प्रयास करें उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का हित और उनका कल्याण ही हमारा पहला और अंतिम लक्ष्य होना चाहिए डॉक्टर महंत ने कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा प्रतिष्ठा और द्वेष से सदन को मुक्त रखकर ही हम संसदीय लोकतंत्र की सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं

प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सवाल किया कि दो हजार अट्ठारह के जनघोषणा पत्र की कुल कितनी घोषणाएं पूरी की गई और कितनी अभी तक पूरी नहीं हुई है तथा वह कब तक पूरी होंगी जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने सदन को बताया कि घोषणा पत्र में किए गए छत्तीस निर्धारित लक्ष्यों में से चौदह पूरे हो चुके हैं वहीं बाईस घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है श्री कौशिक ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जितनी घोषणाएं गिनाई है इनमें से सात घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई हैं इसके बाद सदन में शोरशराबा शुरू हो गया जिसका सत्तापक्ष ने खड़े होकर प्रतिरोध किया इस बीच मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया वहीं आज सदन में दुर्ग जिले के बठेना गांव में बीते दिनों हुई एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत का मामला भी फिर से गंजा यह मामला उठाते हए भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि यह बेहद गंभीर घटना है घटनास्थल को देखने से प्रतीत होता है कि महिलाओं से सामूहिक दृष्कर्म किया गया जिसके बाद उनकी हत्या की गई इसके बाद भाजपा विधायक दल के सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने अग्राहृय कर दिया बाद में भाजपा सदस्य गर्भगृह में पहंचकर नारेबाजी करने लगे जिससे वे स्वमेव निलंबित हो गए भाजपा राज्यपाल ज्ञापन बाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने दुर्ग जिले के बठेना गांव की घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में आज शाम राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में भाजपा विधायकों ने कहा है कि इस घटना में मृत दो युवतियों सहित तीन महिलाओं के हाथ पैर बंधे हुए थे और घटनास्थल से उनके जले हुए शव बरामद किए गए इससे आशंका है कि इन तीनों की हत्या की गई है ज्ञापन में विधायकों ने घटना की परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है वहीं भाजपा विधायकों ने राज्यपाल को सौंपे गए एक अन्य ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा शराब बिक्री पर लगाए गए विशेष कोरोना शुल्क से प्राप्त करीब पांच सौ बीस करोड़ रूपये की राशि को अन्य मद में खर्च करने का आरोप लगाया है भाजपा विधायकों ने राज्यपाल से इस संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की

राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पहली जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा उसमें जनवरी दो हजार बीस से जनवरी दो हजार इक्कीस तक देय किस्त भी आगे के लिए शामिल की जायेगी उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जायेंगी श्री ठाक्र ने कहा कि किस्तों का भुगतान रोकने से सैंतीस हजार करोड़ रूपये की बचत हुई जिससे कोविड से निपटने में मदद मिली कोरोना टीकाकरण छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण इन दिनों जोरशोर से जारी है राज्य में अब तक करीब चार लाख चौबीस हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है इसके साथ ही एक लाख बत्तीस हजार से अधिक स्वास्थ्य और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को इस वैक्सीन का दूसरा डोज भी दे दिया गया है राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक साठ वर्ष से अधिक आयु के करीब एक लाख नौ हजार लोगों को और पैंतालीस वर्ष से अधिक आय के गंभीर बीमारी से पीड़ित करीब तेईस हजार लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है इस बीच राज्य में गत सप्ताह सत्रह सौ इकसठ व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिनमें से उनतीस व्यक्तियों की मृत्यू हो गई मृतकों में इकहत्तर से अस्सी आयु वर्ग के इकतीस प्रतिशत व्यक्ति तथा इंक्यावन से साठ वर्ष की आयु के अट्ठाईस प्रतिशत व्यक्ति थे राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति में आंकडों की समीक्षा में पाया है कि लोग कोरोना के लक्षण सामने आने के बाद भी जांच से बच रहे हैं जिसके कारण अस्पताल में भर्ती कराते समय उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है यदि समय रहते जांच कराएं तो वे जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं

राज्यपाल आज एसोचौम द्वारा आयोजित वेबीनार में शामिल हुई उन्होंने अवार्डस ऑफ लीडरशीप एक्सीलेंस के आयोजन के लिए एसोचौम को बधाई दी राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजापुर जिले के बेचापाल गांव में कल महिला जागरूकता कार्यक्रम अभिव्यक्ति का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली क्षेत्र की महिला जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया

वहीं कबीरधाम जिले में भी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इस दौरान पुलिस विभाग में कार्यरत् महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया इस अवसर पर पुलिस के सभी अधिकारियों कर्मचारियों और जिलेवासियों से नारी शक्ति का सम्मान करने की अपील की गई इसी तरह कोरिया जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कार्यक्रम में कलेक्टर सत्यनारायण राठौर ने बालिकाओं को शिक्षित और सशक्त बनने के साथ साथ महिलाओं को हिंसा या प्रताडना जैसी शिकायत पर सखी सेंटर से मदद लेने की बात कही कार्यक्रम में सोटोकन कराटे चैंपियनशिप में विजयी बालिकाओं को सम्मानित भी किया गया

इस अवसर पर छात्राओं के लिए रंगोली निबंध और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया वहीं जगदलपुर में ही एक अन्य कार्यक्रम में महिलाओं को मोर जमीन मोर मकान के तहत कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किया गया बैंक निधि दूरूपयोग दर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और तत्कालीन संचालक मंडल के खिलाफ बैंक निधि के कथित द्रूपयोग के मामले में अपराध दर्ज किया गया है बैंक के पूर्व अध्यक्ष और संचालक मंडल पर आरोप है कि उन्होंने सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की अनुमति के बिना दो सौ चौंतीस प्रकरणों में करीब पंद्रह करोड़ रूपये की छूट प्रदान कर बैंक निधि का द्रूपयोग किया था प्रेशर बम बरामद कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने पांच किलो वजनी प्रेशर बम बरामद किया है मिली जानकारी को अनुसार मर्दापाल थाना क्षेत्र से आईटीबीपी और जिला प्रलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान मटवाल प्रंगारपाल के बीच मुंडीपदर मार्ग से जवानों को पांच किलो का प्रेशर बम मिला बाद में बम निरोधक दस्ते की टीम ने बम को निष्क्रिय कर दिया रेलवे हेल्पलाइन नंबर रेलवे ने अपनी सभी हेल्पलाइनों को एक ही हेल्पलाइन नंबर एक तीन नौ में बदल दिया है जो यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत निवारण और पूछताछ के लिए रेल मदद हेल्पलाइन होगी रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पिछले साल विभिन्न रेलवे शिकायत हेल्पलाइन को बंद कर दिया गया था और अब हेल्पलाइन नंबर एक आठ दो भी पहली अप्रैल से बंद कर इसे एक तीन नौ में विलय कर दिया जाएगा हेल्पलाइन एक तीन नौ यात्रियों के लिए बारह भाषाओं में उपलब्ध होगी रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट राजधानी रायपुर के शहीद वीरनारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी टवेटी क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला इंग्लैण्ड लीजेंड़स से होगा इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में श्रीलंका लीजेंड्स ने दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स को नौ विकेट से पराजित कर दिया इस बीच पुलिस ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सट्टा खेलाने के आरोप में चौदह लोगों को गिरफ्तार किया है आरोप है कि ये लोग बाहर से रायपुर में आकर इस प्रतियोगिता के मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेला रहे थे

मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने कल रायपुर के छत्तीसगढ हाट बाजार में आयोजित राज्य स्तरीय छत्तीसगढ ह रा सामान के रामोद्योग बोर्ड प्रदर्शनी के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोगों को सुगमतापूर्वक स्व रोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाने में खादी तथा ग्रामोद्योग की अहम भूमिका होती है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को सक्षम बनाने और उत्पीड़न संबंधी मामलों की जानकारी देने के लिए एक व्हाट्सअप कॉल सेंटर शुरू किया है

मुख्यमंत्री ने इस व्हाट्सअप कॉल सेंटर का लोकार्पण किया राजनांदगांव जिले के डॉगरगांव और पेण्ड्री में एनसीसी कैडेटों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है इस शिविर में कुल दो सौ बाईस कैडेट भाग ले रहे हैं शिविर के अंत में कल दस मार्च को सभी कैडेटों को सी प्रमाण पत्र देने से संबंधित परीक्षा भी आयोजित की जाएगी

महासमुंद में आयोजित बीसवीं छत्तीसगढ़ जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में भिलाई विजेता और बालक वर्ग में बिलासपुर की टीम विजेता रही